प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विभिन्न पुस्तकों और प्राचीन ग्रन्थों के डिजिटीकरण से युवा पीढ़ी से उनका संपर्क बढ़ेगा और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए महान सेवा होगी अमरीका के शिकागो में आयोजित दूसरे विश्व हिन्दू सम्मेलन के लिए अपने संदेश म श्री मोदी ने हिन्दू दर्शन से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का आहवान किया उन्होंने कहा कि हिन्दू दर्शन के विभिन्न पक्ष आज विश्व के समक्ष मौजूद अनेक समस्याओं के समाधान में मदद कर सकते हैं भारतीय मूल के अमरीकी भरत बराई ने शिकागो में कल शुरु हुए विश्व हिन्दू सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है समिति से सात दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अनियमितताओं के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाई गई सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सुत्ता सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर उनके विरूद्व अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है उच्चस्तरीय जांच समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव संजय आरभूसरेड्डी नियुक्त किये गये हैं जबकि सव शिक्षा अभियान के निदेशक वेदपति मिश्र और बेसिक शिक्षा के निदेशक सवेन्द्र विक्रम सिंह जांच समिति के सदस्य नामित किये गये हैं हाल ही में सम्पन्न हुई अड़सठ हजार पांच सौ सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के संबंध में तेईस ऐसे अभ्यर्थियों की सूची भी प्राप्त हुई जो योग्य नहीं थे लेकिन उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण बताया गया

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के पैतृक गांव बटेश्वर के ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की बाद में वे यम्ना नदी में अटल जी की अस्थियों के विसर्जन कार्यक्रम में मौजूद रहे

अस्थि विसर्जन के बाद मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय वाजपेई के पैतृक निवास का निरीक्षण किया

मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात की उन्होंने भगवंत नगर में माँ चन्द्रिका देवी मंदिर परिसर में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी

आपदा के अन्तर्गत सर्प दंश बाढ़ भूकंप दुर्घटना बोरवेल में गिरने से मृत्यु तथा जहरीली गैस की दूर्घटना में मृत को शामिल किया गया है इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री और अन्य लोग भी मौजूद थे उन्होंने राहत और बचाव के संबंध में बाढ़ पीड़ितों को आश्वस्त किया राज्यपाल राम नाईक ने विधानमंडल द्वारा पारित सात विधेयकों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है इन विधेयकों में राज्य औद्योगिक विकास निगम आस्तियों और दायित्वों का अतंरण विधेयक उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग संशोधन विधेयक उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण विधेयक उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण द्वितीय संशोधन विधेयक तथा उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा उपयोग और निस्तारण का विनियमन संशोधन विधेयक शामिल है प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा उपयोग और निस्तारण का विनियमन संशोधन विधेयक के पारित होने से पॉलीथिन प्लास्टिक कैरी बैग और थर्मोकोल की वस्तुओं के उपयोग को रोकने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों को किसी स्थान में प्रवेश और निरीक्षण करने के लिए अधिकार दिये गये हैं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

खेल मंत्री राज्यवर्द्वन सिंह राठौड़ ने कहा है कि खिलाड़ियों का करियर छोटा होता है इसलिए उनकी आर्थिक आवश्यकताओं का ध्यान रखे जाने की जरूरत है श्री राठौड़ ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि यूवा खिलाड़ियों को असाधारण प्रदर्शन के लिए अपने जीवन का बेशकीमती समय देना होता है

खेल मंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को हरसंभव सूविधा उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्व है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एथलीटों के प्रशिक्षण यात्रा कोच और वैज्ञानिक सहायता पर खास जोर दे रही है प्रधानमंत्री जी ने ओलंपिक टास्क फोर्स बैठाई उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो एक्सपर्टस हों इस इंड्रस्ट्री के वो एक्सपर्टस चयन करें खिलाडियों का और फिर उन्होंने कहा कि इनकी जो कोचिंग है जो देश विदेश में आप कराते हैं इनके हवाई ट्रेवल लोकल ट्रेवल सब आप कवर करते हैं लेकिन इनका जो जेब खर्च होता है इसको भी कवर करिए

बुन्देलखंड में विभिन्न बांधों से जल छोडे जाने के कारण अनेक गांवों में पानी भर गया है पिछले चौबीस घंटे में बारिश से जुड़ी घटनाओं में दस लोगों की मौत हो गई हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा और घाघरा नदी से लगे जिले बाढ़ की चपेट में हैं

बांध से लगभग दो लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद तमाम शहरी इलाकों में पानी भरा हुआ है और प्रशासन अलर्ट पर है आज ही झांसी जिले में माता टीला बांध से दो दशमलव छह लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से कई इलाके पानी में डूब गए हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में पिछले दस दिनों से जारी बारिश में व्यापक नुकसान हुआ है और फसलें पानी में डूबी हुई हैं इलाके में यमुना केन बेतवा सहित सभी प्रमुख नदियां उफान पर है और बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने से हालात और खराब हो गए है इस बीच राज्य के मध्य क्षेत्र में गंगा नदी उफान पर है और फरूर्खाबाद बिजनौर मेरठ कन्नौज कानपुर और उन्नाव में कई गांव बाढ़ से प्रभावित है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के अनेक हिस्सो में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने आकाशवाणी समाचार लखनऊ के साथ खास बातचीत में कहा कि सरकार राज्य में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की है

गत वर्ष की तुलना मे इस बार चौगूनी पचगूनी बरसात हुई है इस बार कई सारी नदियां उफान पर है कुछ खतरे से ऊपर है कुछ खतरे से नीचे हैं लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में चालीस जिले बाढ़ से प्रभावित हए थे और छब्बीस जिले अतिसंवेदनशील है चौदह जिले संवेदनशील है जो जिले अतिसंवेदनशील है वहां पर फ्लट आईटीन के पूरे प्रबंध कर लिये गये हैं सिंचाई मंत्री के साथ पूरी बातचीत का प्रसारण कल सूबह नौ बजकर पांच मिनट पर सामयिक चर्चा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आशा व्यक्त की है कि पेट्रोलियम पदार्थो के दामों में अब काफी कमी आयेगी आज बस्ती में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार और भाजपा शासित राज्य सरकारों की योजनाओं का नब्बे प्रतिशत लाभ सवर्णो को मिल रहा है जबकि केवल दस प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को मिल रहा है श्री अठावले ने कहा कि देश को पच्चीस प्रतिशत गरीब सवर्णो को आरक्षण मिलना चाहिए